मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि कल हुई मंत्रिमंडल की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर प्रदेश ने ये उपलब्धि अपने नाम की है उन्होंने बताया कि ई केबिनेट एप्लीकेशन द्वारा पहली ई केबिनेट आयोजित की गई मुख्यमंत्री ने बताया कि सूचना प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आईटी एप्लीकेशन को विकसित किया गया है और ये पूरे देश में पहला ऐसा इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म है

ई केबिनेट एप्लीकेशन एंड्रायड डिवाइस पर मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है और जल्द ही इसे आई ओ एस डिवाइस पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज से पालमपुर क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे

मुख्यमंत्री वूल फैडरेशन कार्यालय में नवनिर्मित सामुदायिक भवन और प्रशिक्षण केन्द्र का लोकार्पण करेंगे और भेड़पालकों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे यूपीएससी केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि वह सिविल सेवा परीक्षा के ऐसे अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के लिए सहमत है जो पिछले वर्ष कोविड महामारी के दौरान परीक्षा में शामिल हुए थे और उनके सभी अवसर खत्म हो चुके हैं हालांकि आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए दूसरा अवसर नहीं मिलेगा केन्द्र ने इस बारे में विद्यार्थियों की ओर से दायर कई याचिकाओं के संबंध में यह जवाब दिया

मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज धूप खिली हुई है हालांकि बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में अभी भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है मौसम साफ रहने पर विभिन्न क्षेत्रों में हिमपात से बंद सड़क मार्गो को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है जबकि शिमला जिला के कई क्षेत्रों में अभी भी बिजली आपूर्ति बाधित है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने आज प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल के निर्णय और मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं छठी सातवीं की भी लगेंगी कक्षाएं दैनिक जागरण की सुर्खी है जयराम छह मार्च को पेश करेंगे हिमाचल का बजट

अजीत समाचार ने लिखा है हिमाचल में बर्फबारी जनजीवन अस्त व्यस्त हिमाचल दस्तक का कहना है अब एक हफता खिलेगी धूप पारा लुढ़कने से ठंड बढ़ी